आपदा प्रबंधन बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हए लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करना जरूरी है आगजनी घटनाओं और वर्षाकाल के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के मद्देनजर य्वाओं और ग्राम सभाओं में समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाए म्ख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए जो भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उनको और प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाए जिन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है उनके माध्यम से सभी स्कूलों के अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी जाए म्ख्यमंत्री ने मानसून से संबंधित सभी तैयारियां प्री करने के निर्देश दिये बैठक में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि मौसम से संबंधित सटीक जानकारियों के लिए म्क्तेश्वर और स्रकंडा में डॉप्लर रडार लगाने का कार्य चल रहा है

राहत वाली यह है कि राज्य में डबलिंग रेट और रिकवरी प्रतिशत में स्धार हआ है

कार्यदल गठित केंद्र सरकार ने मां बनने की उम्र मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्य दल का गठन किया है इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा कार्यदल शिश् मृत्य् दर मातृ मृत्य् दर क्ल प्रजनन दर जन्म लेने वाले शिश्ओं और बच्चों में बालक बालिका के अन्पात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा

अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने व्यवस्थाओं को द्रुस्त कर देश को स्रक्षित करने का कार्य किया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद पहली बार सीमांत क्षेत्र को पिथौरागढ़ को हवाई सेवा से जोड़ने का काम हुआ है साथ ही ऑल वेदर रोड का निर्माण भी किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर मार्ग में सड़क निर्माण का कदम भी सरकार का ऐतिहासिक कार्य है अग्रवाल ऑन सोनू सूद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के कार्यों की सराहना करते हए उनका आभार व्यक्त किया है एक समाचार एजेंसी के म्ताबिक लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की सहायता करने वाले सोनू सूद ने मंबई में फंसे उत्तराखंड के कई प्रवासियों को शुक्रवार की सुबह हवाई जहाज से जॉलीग्रांट देहरादून भेजा उनकी मदद से घर पहंचे प्रवासी बेहद खुश हैं और उनका आभार जता रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोनू सूद से फोन पर बात की उन्होंने प्रवासी कामगारों को उनके घर वापसी के लिए किये जा रहे कार्यों के लिए उनकी सराहना की इस बीच फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने म्ख्यमंत्री द्वारा उनसे फोन पर बातचीत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इससे प्रवासियों के लिए किये जा रहे कार्यों को बल मिला है

इसके साथ ही जिले ने प्रदेश में रोजगार सृजन करने के मामले में भी पहला स्थान हासिल किया है श्रमिक एक्सप्रेस क्माऊं मण्डल के बिहार के प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष श्रमिक ट्रेन काठगोदाम स्टेशन से कल देर रात रवाना हई

मण्डल के पांचों जिलों के श्रमिक बिहार के मोतीहारी और बेतियां जाने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहंचे विशेष स्पेशल ट्रेन के नोडल अधिकारी और संयुक्त निदेशक एटीआई नवनीत पाण्डे ने बताया कि भेजे गये सभी श्रमिकों का सम्बन्धित जिलों में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया श्रमिकों को गौलापार स्टेजिंग एरिया मे प्रशासन की ओर से निश्ल्क भोजन उपलब्ध कराया गया जाने से पहले उन्हें मास्क और पानी की बोतलें स्टेशन पर दी गई इसके साथ ही सभी श्रमिकों का सेनिटाइजेशन भी कराया गया

म्ख्यमंत्री के निर्देश पर रविवार को भी शहर में सैनिटाइजेशन किया जाना है इस दौरान केवल मेडिकल दूध और सब्जी फल की द्रकानें ही ख्लेंगी आज कोरोना योद्वाओं ने राजधानी के घंटाघर डोईवाला धर्मपुर समेत विभिन्न जगह सैनिटाइजेशन का काम किया साथ ही गली मोहल्लों में भी सैनिटाइज किया गया इस दौरान शहर में भीड़भाड़ नजर नहीं आयी और सड़कों पर क्छ ही वाहन नजर आये ज्यादातर दुकानें भी बंद रहीं आपको बता दें कि सरकार ने फैसला लिया था कि शनिवार और रविवार को देहरादून में सैनिटाइजेशन का काम होगा ग्रीन जोन उधमसिंह नगर कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आशा वर्कर के साथ ही राजस्व कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं ऊधमसिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में बनाये रखने में दिनरात काम कर रहे इन कर्मचारियों का बह्त बड़ा योगदान है अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों पर होम क्वारंटीन के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है

कोरोना महामारी के इस दौर में परेशान लोगों तक प्रशासन द्वारा राशन पहंचाने का काम किया जा रहा है